मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि दिल्ली की एक कम्पनी सीतापुर में वैकल्पिक ऊर्जा के संयंत्र की स्थापना करेगी इस संयंत्र से हर वर्ष पांच सौ मीट्रिक टन गन्ने और गेहूं के कचरे से हरित ईंधन का उत्पादन किया जायेगा उन्होंने बताया कि इस संयंत्र को प्रदेश सरकार स्टैम्प शुल्क और निवेश पर पन्द्रह प्रतिशत की छूट तथा दस साल के लिये जीएसटी में छूट साहित अन्य सुविधायें देगी मंत्रिमण्डल ने राज्य में पांच सौ मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये दस कम्पनियों के नाम भी तय कर दिये हैं प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र के लिये बारह कम्पनियों ने आवेदन किया था जिनमें से दस कम्पनियों के नाम पर सहमति बनी एक अन्य फैसले में प्रदेश सरकार ने वीआईपी सुरक्षा के लिये बड़े पैमाने पर वाहन खरीद का फैसला लिया है फैसले के अनुसार सरकार पचीस करोड़ की लागत से एक सौ चौदह वाहन खरीदेगी फैसले के अनुसार गोरखप्र और गाजियाबाद के लिये तीन बुलेटप्रफ और दो जैमर सहित सोलह वाहनों की खरीद के लिये छः करोड़ तीस लाख रूपये खर्च किये जायेंगे

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानो का हित और चीनी मिलों का सुदुढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने आवास पर चीनी मिलों के संचालक तथा गन्ना खरीद और युगतान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर किसानों का उत्पीड़न नही होने दिया जायेगा राज्य सरकार चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये हर सम्मव मदद करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष एक सौ इक्कीस चीनी मिलों का संचालन किया जाना है इनमें से पचासी चीनी मिलें संचालित हो चुकी हैं जबकि रोष चीनी मिलों को पवीस नवम्बर तक संचालित करने का लक्ष्य है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में आने वाली दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए

उद्घाटन समारोह बाबोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई विशिष्ट लोग इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे नौ दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में अड़सठ देशों की दो सौ बारह फिल्में दिखाई जाएगी फीचर फिल्मों के प्रदर्शन की शुरुआत शाजी करुण निर्देशित मलयालम फिल्म ओलू से होगी इस बार का महोत्सव इज्राइल पर केंद्रित है और इसमें झारखंड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इम्राइल के जाने माने फिल्म निर्माता डेन यॉलमिन को लाइफ टाइम अचीकमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में पन्द्रह फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जिनमें तीन भारतीय फिल्में हैं

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं

दुर्घटना आज सुबह तब हुयी जब मरने वाले लोग एक विवाह समारोह से लौट रहे थे सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारपहिया वाहन को नहर से बाहर निकलवाया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हमारे हरदोई प्रतिनिधि ने बताया है कि ये बच्चे नहाते हुये गंगा नदी के गहराई वाले भाग में चले गये और डूब गये